इस योजना में विदेशी भी हकदार होंगे जानकारी देने वालों की सूचना गुप्त रखी जाएगी

वेब आधारित इस प्रणाली से सरकारी विभाग दूसरे देशों से मिलने वाले धन के स्रोतों और उसके भारत में वास्तविक उपयोग की जांच कर पाएंगे गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस प्रणाली की मदद से आंकड़ों को जुटाने और प्रामाणिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी

बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेष प्रभारी अविनाष राय खन्ना के अलावा राज्य मंत्रीपरिषद के सदस्यों और विधायकों ने भी भाग लिया प्रदेष प्रभारी श्री खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रोडमैप तैयार किया गया बैठक के बाद निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जल्द ही संभाग स्तरीय यात्रा पर निकलेंगी उन्होंने कहा कि मंत्री समूह भी प्रदेश स्तरीय जनसम्पर्क यात्रा पर जायेंगे और आम जनता के बीच सरकार द्वारा किये गए कामों को बतायेंगे

राजस्थान के गंगानगर में आंदोलन का सर्वाधिक असर हुआ है जहां किसानों ने गांव के बाहर नाके लगाकर फल सब्जियों की अस्थायी दुकानें लगाकर खुद बेच रहे हैं वहीं जयपुर के शाहपुरा में वाजिब दाम नहीं मिलने से खफा किसानों ने सड़कों पर दूध बिखेर दिया

बोर्ड ने राज्य के नौ महाविद्यालयों तथा तीन विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न घटकों में यह राशि मंजूर की है

तबादला सूची जारी होने के बाद शिक्षा विभाग की वेबसाइट भी हैंग हो गई

शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर में अब से कुछ समय पहले बोर्ड कार्यालय में परिणाम घोषित किया